नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी की विज्ञप्ति में बताया गया कि नीट वेबसाईट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण विद्यार्थियों को आवेदन में दिक्कत आ रही थी इसलिए अंतिम तारीख बढाई गई है

चयन बोर्ड के अध्यक्ष बी एल जाटावत ने बताया कि परीक्षा के दो घंटे पहले पेपर लीक होने की घटना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है

मंत्री ने विभाग के सभी कर्मचारियों को पैदल साइकिल या सार्वजनिक परिवहन में कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए थे इसमें उन कर्मचारियों को छूट दी गई थी जो दिव्यांग हैं श्री खाचरियावास ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना है

सिक्खों के दसवें गुरू गोविन्द सिंह के त्याग और शोर्य पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया जा रहा है प्रदेशभर के गुरूद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है शबद वाणी नगर कीर्तन और दीवान सजाके कार्यकर्मो के साथ लंगर रखे गए है सिक्ख समुदाय वाले क्षेत्रों में बाजारों में विशेष सजावट और रोशनी की गई है पंच प्यारो को नगर भ्रमण करावाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरू गोविन्द सिंह जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है

सवाईमानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनका शुभारंभ करेंगे

आईपीएल के बाद ये राज्य में दूसरी सबसे बडी खेल प्रतियोगिता होगी इनमें पदक जीतने वाले खिलाडियों को स्कॉलरशिप दी जायेगी उद्घाटन समारोह में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सहित कई खेल प्रतिभाएं आकर्षण का केन्द्र रहेंगी